भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और अन्य दलों ने पाकिस्तान के गुरूद्वारा ननकाना साहिब पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है

हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री रणजीत सिंह ने रोहतक में एक समारोह के दौरान हाल ही में हरियाणा प्रशासनिक सेवाओं में चयनित हुए उम्मीदवारों को सम्मानित किया इस समारोह के दौरान उन्होंने डेढ दर्जन युवक व युवतियों को पुरस्कार प्रदान किए बाद में पत्रकारों से बातचीत में बिजली मंत्री ने कहा कि हरियाणा में बिजली सुधान की दिशा अमें कई कदम उठाए जा रहे हैं सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में लाइन लॉस को कम किया जाये

बिजली मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में पहली बार पंचायत की शुरूआत हो रही है इस पंचायत की शुरूआत कल से हिसार में होगी और इस दौरान ग्रामीणों को बिजली बिल भरने के लिए प्रेरित किया जायेगा

उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून देश में लोगों को नागरिकता देने के लिए बना है

उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना किसी भेदभाव के प्रदेश में विकास करवाया है और गरीबों को उपर उठाने की सोच के साथ कार्य किया जा रहा है

उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक के अधीन सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों प्राथमिक सहकारी समितियों के अलावा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधीन सभी जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के ऐसे ऋणी किसानों व सदस्यों को इस योजना में शामिल किया गया है जो किन्हीं कारणों से अतिदेय ऋण की अदायगी नहीं कर सके आकाशवाणी समाचार और इसकी पूणे और नागपूर की क्षेत्रीय इकाइयों में विश्व ब्रेल दिवस अनोखे ढंग से मनाया गया इस अवसर पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों और अधिकारियों द्वारा समाचार पढे गए ये समाचार ब्रेल लिपी में लिखे और लाईव पढे गए

इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि आकाशवाणी एक सर्वव्यापी संचार माध्यम है और दृष्टि बाधितों तक इसकी पहंच सबसे आसान है उन्होंने कहा कि ब्रेल दिवस जैसे अवसर हमें समावेशी और सुगम्य समाज बनाने प्रति समर्पित करते हैं ईरा जोशी ने कहा कि दृष्टिबाधित लोगों को समाचार प्रस्तृति का हिस्सा बनाने से न केवल उनमें आत्म विश्वास पैदा होता है बल्कि श्रोताओं और समाचार कक्ष में अन्य लोगों को दिव्यांगजनों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है

भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान में गुरूद्वारा ननकाना साहिब पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि पाकिस्तान में अल्प संख्यक सुरक्षित नहीं है बीजेपी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इन घटनाओं ने यह साबित हो गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम एनडीए सरकार द्वारा लिखा गया सही फैसला है जिससे पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश में धार्मिक तौर पर प्रताड़ित किए गए लोगों को राहत मिलती है इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहल गांधी ने भी गुरूद्वारा ननकाना साहिब पर हुए हमले की कड़ी निंदा की उन्होंने एक टवीट में इस घटना को अति निंदनीय करार दिया उधर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के सामने इस घटना को लेकर रोष प्रदर्शन किया हरियाणा में भी विभिन्न राजनैतिक पाटियों के नेताओं और सिख संगत की ओर से पाकिस्तान में गुरूद्वारा श्री ननकाना साहिब पर हए हमले का विरोध किया गया श्री ननकाना साहिब पर हए हमले पर अपनी प्रतिकिया जाहिर करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी और विपक्षी दलों को भारत विरोधी करार दिया है श्री विज ने पाकिस्तान में सिख भाईचारे की सुरक्षा बारे कहा कि केन्द्र सरकार पाकिस्तान से लगातार बात कर रही है वहीं उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सड़कों पर उतरे लोगों को पाकिस्तान की इस घटना से सीख लेने को कहा है उधर हरियाणा के खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने गुरूद्वारा श्री ननकाना साहिब पर पत्थरबाज कट्टरपंथियों द्वारा किए गए हमले की निंदा की है उन्होंने कहा कि ननकाना साहिब पर किए गए हमले से सिख भाईचारे को पाकिस्तान ने गहरी चोट पहुंचाई है जिसका करारा जवाब दिया जायेगा उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार के इशारे पर अल्प संख्यकों के साथ दुर्वयवहार किया जा रहा है इसी तरह अंबाला में भी इस घटना के विरोध में सिख संगत ने डेरा कार सेवा गुरूद्वारा मंजी साहिब में बैठक की इस मौके पर संगत ने कहा कि पाकिस्तान की इस हरकत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने चण्डीगढ़ में बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान अशोक कमार निवासी ऐलनाबाद के रूप में हई है सीआईए की टीम ने गश्त व चौकिंग के दौरान आरोपी को काबू किया

हरियाणा कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने पलवल जिले में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला में आयोजित उद्योग सम्मेलन में बतौर मुख्यतिथि शिरकत की